अब ये ब्याजदर आठ दशमलव पांच पांच प्रतिशत से बढ़कर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय न्यास बोर्ड सीबीटी की आज हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया

लोक निर्मोण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया वित्त मंत्री तरूण भनोत नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सांसद राकेश सिंह और गणमान्य लोग अतिथि होंगे

फ्लाई ओव्हर बनने से इन मार्गो पर यातायात का दबाव कम होगा साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट भवन तक का आवागमन भी सुव्यवस्थित हो सकेगा

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सागर सांसद लक्ष्मीनारायण यादव भी मौजुद थे संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने विदेश मंत्री श्रीमती स्वराज से कहा कि भारत सरकार के सहयोग से इस भवन को और बेहतर बनायेगे आरिफ अकील सुक्ष्म लघ् एवं मध्यम उद्यम मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि लघ् उद्योगों के जरिये रोजगार देने की योजना बनायें और उसमें बेरोजगार युवकों को जोड़े मंत्री श्री अकील राज्य स्तरीय लघू उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे श्री अकील ने वचन पत्र के बिन्दओं पर यथाशीघ्र कार्यवाही पर जोर दिया मंत्री ने उद्यमियों को फौजदारी न्यायालयों में होने वाली कठिनाइयों से राहत पहँचाने के लिये विधि विभाग से अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिये श्री अकील ने प्रदेश के उद्योगों को एचटी कनेक्शन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट देने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिये भी कहा बैठक में एमएसएमई इकाइयों पर लगने वाले फैक्ट्री एक्ट में लायसेंस फीस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा हई यादव यूरिया प्रदेश सरकार को पिछले दो महीने में चार जिलों में यूरिया कालाबाजारी की आठ शिकायतें मिलीं कृषि मंत्री सचिन यादव ने आज विधानसभा में भाजपा विधायक डॉ नरोत्तम मिश्रा के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी

इस अवधि में खाद न मिलने के कारण किसानों द्वारा आंदोलन नहीं किया गया है गुना दतिया अशोकनगर भिण्ड श्योपुरकलां रायसेन राजगढ एवं होशंगाबाद में पुलिस की निगरानी में उर्वरक का वितरण करवाया गया लाठी चार्ज की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई मंत्री ने बताया कि जबलपुर में वितरण में अनियमितता की एक शिकायत पाई गई जिसमें संबंधित गोदाम प्रभारी पर निलंबन की कार्यवाही की गई

इसे देखते हुए विकास शांति और समन्वय में स्थानीय भाषाओं के योगदान को मातुभाषा दिवस का विषय बनाया गया है

जश्न ए उर्द समारोह में मिस्र का सुफी नृत्य अखिल भारतीय मुशायरा विश्व विख्यात सुफी कव्वाल उस्ताद चाँद कादरी सुप्रसिद्ध सूफी गायिकी कविता सेठ के सूफी गायन के साथ ही उर्दू शायरी और तलफ्फुज पर संवाद होगा

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल इस मामले में एक समिति बना कर परीक्षण कराने की घोषणा की थी आज शुन्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मामले को दोबारा उठाते हुए कहा कि सरकार संमिति बना कर इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि जिन अन्य राज्यों में इसे लागू किया गया है वहां कोई समिति नहीं बनाई गई है उन्होंने अध्यक्ष एनपी प्रजापति से गुजारिश की कि सरकार ये आरक्षण लोकसभा चुनाव के पहले लागू कर दे इसी बीच इस मुद्दे को लेकर शोरशराबा होने के चलते अध्यक्ष श्री प्रजापति ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी सदन के समवेत होने पर भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को टालना चाहती है नई संचार नीति राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बेहतर संचार सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए नई संचार नीति बनाई है

राज्य सरकार द्वारा आईटी के लिए गठित शीर्ष समिति इस नीति में संशोधन या वृद्वि करने के लिए अधिक त होगी

जिलों में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए लायसेंसिंग प्राधिकरण जिला कलेक्टर एकल खिड़की के रूप में कार्य करेंगे

मुख्यमंत्री को सौंपी गई इस राशि में मध्यप्रदेश पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने वेतन में से अंशदान दिया है

खजुराहो समारोह प्रतिष्ठित खजुराहो नृत्य समारोह के दूसरे दिन आज दिल्ली की टी रेड्डी लक्ष्मी कुचिपुड़ि चेन्नई की नेहा बैनर्जी कथक और दिल्ली के जन्मय जय साई बाबू और साथी कलाकारों द्वारा मयूरभंज छाऊ समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है मौसम केन्द्र भोपाल ने सागर रीवा शहडोल जबलपुर ग्वालियर और भोपाल संभागों के जिलों तथा बैतूल होशंगाबाद हरदा और बुरहानपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताये हैं